राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वरिष्ठ कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी कई केन्द्रीय मंत्रियों और भाजपा तथा विपक्ष के नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर पृष्पांजलि अर्पित की आज सुबह राजधाट में सर्वघर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव के पक्षधर थे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मानवता के प्रति महात्मा गांधी के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने इस अक्सर पर कहा कि गांधीजी के सपनों को साकार करने और दुनिया को वेहतर बनाने के लिए हम समी को मिलकर कठोर मेहनत करने का संकल्प लेना चाहिए एक संक्षिप्त वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि गांधीजी का शांति का संदेश विश्व के लिए आज भी प्रासंगिक है प्रधानमंत्री ने गांधी जी द्वारा बताये गये सात समाजिक पापकर्मों से बचने का भी लोगों से आग्रह किया है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली के शालीमार बाग में भारतीय जनता पार्टी की देशव्यापी गांधी संकल्प यात्रा को रवाना किया इस अवसर पर श्री शाह ने आज के दिन से लोगों से सिर्फ एक बार इस्तेमाल किये जा सकने वाले प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आज से इकतीस अक्टूबर तक देश भर में पदयात्राएं कर गांधीजी के स्वदेश स्वधर्म और स्वदेशी जैसे महान जीवन मूल्यों को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंच रहे हैं वे साबरमती नदी के किनारे बीस हज़ार से अधिक ग्राम सरपंचों की मैजूदगी में राष्ट्र को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त घोषत करेंगे प्रधानमंत्री गांधीजी की पुस्तक माई लाइफ इज़ माई मैसेज का विमोचन करेंगे और स्मारक डाक टिकट तथा सिक्के जारी करेंगे महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अपनी वेबसाइट के गुजराती संस्करण का शुभारंभ किया है इसे डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम श्लैश गुजराती पर लॉग इन करके देखा जा सकता है अब तक समाचार सेवा प्रमाग की यह वेबसाइट हिन्दी और अंग्रेजी में ही उपलब्ध थी इस अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक समाचार इरा जोशी ने कहा है कि बहुत जल्द इस वेबसाइट को अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी शुरू किया जाएगा गांधी जयंती पर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का विशेष सत्र आज सुबह ग्यारह बजे शुरू हो गया लगातार छत्तीस घंटे तक चलने वाले इस सत्र में दोनों सदन संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों पर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि देते हुये विधानसभा सत्र को सम्बोधित करते हुये कहा कि गांधी जी ने यह सिद्द किया कि दृढ़ संकल्प के बल पर अहिंसा के द्वारा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्वांजलि अर्पित की

बरेली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने आज गांधी संकल्प यात्रा का शुभारम्म किया

गोरखपुर में गांधी संकल्प यात्रा का नेतृत्व सांसद रवि किशन ने किया इस अवसर पर सांसद ने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाये रखने की अपील की

गोरखपुर में आयुक्त कार्यालय परिसर में मण्डलायुक्त जयंत नार्लिकर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की